राष्ट्रपति ने मोदी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तिथि और समय की जानकारी देने को भी कहा हैं नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेज़ी से काम करना शुरू कर देगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है इससे देश के सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प प्रदर्शित होता है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और अधिक अनुसंधान की ज़रूरत पर बल दिया है हरियाणा के कुरूक्षेत्र में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्वति अध्यात्मवादी संस्कृति की देन है और हज़ारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने इसकी रचना की राज्यपाल ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संगठन इस प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि एलोपैथी की तर्ज पर आयुर्वेद पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ है और इसी कारण इसका पूरा लाभ नहीं लिया जा सका आचार्य देवव्रत ने युवा चिकित्सकों से आयुर्वेद पर गहन अनुसंधान करने का आहवान किया पैराग्लाइडिंग चम्बा जिले की पर्यटन नगरी खजियार में गैर कानूनी तरीके से पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है हालांकि प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई है लेकिन कई लोग नियमों को दरकिनार कर पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं खजियार में कोई भी पैराग्लाइडिंग संस्था पंजीकृत नहीं है और लोगों की जान जोखिम में डालकर पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि फिलहाल किसी भी संस्था को पैराग्लाइडिंग कराने की अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मैहला गांव में पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग के लिए एक स्थल चिन्हित किया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है मार्ग अवरूद्व कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सनवारा के पास फोरलेन कार्य के चलते सड़क पर चटटान गिरने से बीती रात यातायात घंटों अवरूद्व रहा

उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर फोरलेन कार्य के चलते चट्टाने गिरने का क्रम लगातार जारी है जिससे लगातार यातायात बाधित हो रहा है

शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ कई प्रकार के टैस्ट भी करवाए गए क्षेत्र की महिलाओं ने भी बडी संख्या में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई डाक अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संगठन का एक सम्मेलन आज शिमला में हुआ जिसमें डाक कर्मियों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई प्रदेश डाक कर्मचारी परिमण्डल संगठन के सर्कल सचिव प्रेम प्रकाश मैहता ने बताया कि डाक विभाग में खाली पडे पदों पर भर्ती करना ग्रामीण इलाकों में पोस्टमैन के खाली पद भरना और पुरानी पैंशन योजना को लागू करना डाक कर्मियों की मुख्य मांगें हैं उन्होंने कहा कि इन मांगों को प्रमुखता से केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा विधिक साक्षरता चम्बा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज खजियार पंचायत में एक विधिक साक्षरता शिविर लगाया जिसमें लोगों को विभिन्न कानुनी प्रावधानों की जानकारी दी गई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अभय मण्डयाल ने शिविर की अध्यक्षता की इस दौरान लोगों को वन संपदा मोटर वाहन अधिनियम महिला अधिकारों और आरक्षित वर्गों के कल्याण से जुड़े कानूनों के संबंध में जागरूक किया गया धर्मसभा संत श्री रविदास धर्मसभा के प्रदेश अध्यक्ष कर्मचंद भाटिया ने राज्य सरकार से कानुन व्यवस्था की स्थिति में सुधार की मांग की है उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व युवतियों के प्रति बढते आपराधिक मामले चिंता का विषय हैं और इन पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है सभा ने आरक्षित वर्गों के लोगों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों पर भी रोक लगाने का आग्रह किया है